हरियाणा में आज चूनाव प्रचार के अंतिम चरण में भारती जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं और म्ख्यमंत्री मनोहर लाल सहित स्थानीय नेताओं ने जमकर प्रचार किया केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज भिवानी के खड़ककलां महेन्द्रगढ़ के सतनाली और भिवानी के तोशाम में जन सभाओं को सम्बोधित किया

रैली में राज्य सरकार ने हरियाणा में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाने का वादा किया उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हये कहा कि सरकार ने नौकरियों में भ्रष्टाचार को खत्म किया है उन्होंने भाजपा प्रत्याशी विश्म्भर बाल्मीकि के पक्ष में वोट देने की अपील भी की ग़हमंत्री ने बाद में अपनी अन्य रैलियों में भी जहां राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया वहीं सरकार दवारा किये गये विकास व स्शासन को मुद्दा बनाया पूर्व केन्द्रयी मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने झज्जर में कृषि मंत्री ओ पी धनखड़ के साथ एक सांझी प्रेस कांफ्रेंस को सम्बोधित किया और दावा किया बीजेपी को प्रचंड बहमत मिलेगा अशोक तंवर ने जेजेपी को दिये समर्थन पर चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि अशोक तंवर न तो कांग्रेस के वोट कम कर सकता है और न जेजेपी को वोट दिलवा सकता है तंवर का अपना कोई वोट बैंक नहीं है

उधर फतेहाबाद के टोहाना हलके में ग्रदास प्र के सांसद एवं फिल्म अभिनेता सनी देओल ने बीजेपी अध्यक्ष स्भाष बराला के लिए प्रचार किया सनी देओल ने जीत पर सवाल होकर टोहाना के म्ख्य बाज़ारों में रोड शो भी किया और लोगों से बराला के पक्ष में वोट देने को कहा इससे नारनौंद के लोहाड़ी गांव में कैप्टन अभिमन्यू के पक्ष मे एक रैली को सम्बोधित करते हये उनके लिए वोट देने की अपील भी की केन्द्रीय राजव इन्द्रजीत ने झज्जर में जाकर भाजपा प्रत्याशी राकेश कुमार के पक्ष में वोट देने की अपील की

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का काम किया है और उन्हें हरियाणा की चिंता है

आज रोहतक में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हये कहा कि देश के निर्माण में हरियाणा की हमेशा से ही अहम भूमिका रही है उन्होंने किसानों के हित के लिए उठाए गए भाजपा सरकार के कदमों की सराहना की साथ ही अलावा स्मृति ईरानी ने कहा कि उनकी अमेठी लोकसभा क्षेत्र से जीत में रोहतक की भी अहम भ्मिका है क्योंकि यहां की महिला कार्यकर्ताओं ने चुनाव में जमकर प्रचार किया था

वे आज अम्बाला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी असीम गोयल के पक्ष में प्रचार करने पहंची थी जन नायक जनता पार्टी ने आज चंडीगढ़ में अपना घोषणा पत्र जारी किया

पार्टी ने छोटे द्रकानदारों और किसानों का सहकारी बैंको का ऋण माफ करने का वादा भी किया है साथ ही ब्ज्र्ग विधवा और दिव्यांगों का इक्वावन सौ रूपये प्रति महीना पेंशन देने का वादा किया गया है

घोषण पत्रमें माताओं को बच्चों के पोषण व लालन पालन के लिये तीन हजार रूपये तक की मासिक मानदेश देन सरपंचों को आठ हजार प्रतिमाह पंच को तीन हजार रूपये व पंचायत समिति के सदस्यों का चार हजार तथा नंबरदार को पांच हजार रूपये प्रतिमाह का मासिक भत्ता देने का वादाकिया है मेनिफेस्टों में दिव्यांगों गरीबों अन्सूचित जाति से सम्बध लोगों को तीन लाख रूपये तक का ऋण बिना ब्याज व गारंटी ने देने की बात की गई है घोषणा मे यह भी उल्लेख है कि सरकार बनने पर ज़मीन की नीलामी बंद की जायेगी किसानों को स्व रोज़गार के लिए ज़मीन का सीएलयू निश्ल्क दिया जायेगा और नवोदय विद्यालय की तर्ज पर किसान मॉलल स्कूल खोले जायेंगे घोषणा पत्र में ओर भी कई लोक ल्भावने वादे किये गये है जन नायक जनता पार्टी के जन सेवा पत्रमें सरकार बने पर जींद में शहीद भगत सिंह की देश की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाने और क्रूक्षेत्र में संत रविदास का विशाल मंदिर बनवाने का भी जिक्र है

पहले जम्मू कश्मीर के सर्वोच्च न्यायालय भारतीय रिजर्व बैंक जैसी संस्थाओं का कोई दखल नहीं था और न ही सिविल सेवा के अधिकारियों की जम्मू कश्मीर में नि्यक्ति होनी थी

उन्होंने हरियाणा सरकार की खेल नीति का भी आलोचना की और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी खिलाडियों को यह कह कर च्नव लड़ा रही है कि अगर च्नावों में उनकी हार ह्ई तो उन्हें वापिस नौकरी दी जायेगी उन्होंने जन नायक जनता पार्टी के घोषणा पत्र की भी आलोचना की और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद को खोखला राष्ट्रवाद बताया पत्रकारों के प्रशनों के उत्तर देते हये श्रीखेड़ा ने कहा कि देश में सिर्फ आर्थिक मंदी ही नहीं है पूरा आर्थिक ढांचा ही विफल हो गया है उनहोंने केन्द्र सरकार पर नवरतन कंपतिनयों को बेचने की तैयारी करने का आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी द्वारा हरियाणा में सीएलयू घोटाले और राबर्ट वाड्रा के मुद्दे उठाये जाने पर पूछे जानेपर उन्होंने कहा कि भाजपा हर च्नाव में ये मुद्दा उठा रही है और प्रवर्तन निदेशालय व सीबीआई के अपने प्रतिद्वव्दियों के पीछे लगा रखा है जन नायक जनता पार्टी दवारा कांगेस के घोषणा पत्र में कियेगये वादों से इस बिन्दुओ के जेजेपी दवारा अस्तित्व में आने के बाद की गई घोषणाओं में से च्राने के आरोप पर पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र पहले जारी किया है और जेजेपी के आरोप बेब्नियाद है हरियाणा कांग्रेसकी प्रदेशाध्यक्ष क्मारी शैलजाने आज रिवाड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव के समर्थन में एक जनसभा को सम्बोधित करते हये कहा कि म्ख्यमंत्री को सोनिया गांधी जैसी नैत्री के लिए अभ्रद्र भाषा का प्रयोग करना शोभा नहीं देगा वे म्ख्यमंत्री के च्नावप्रचार में एक बयान पर कटाक्ष कर रही थी कुमारी शैजला ने इस मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता पर सवाल उठाते हये कहा कि बीजेपी अपनी हार देखकर बौखल गई है बाद में कांग्रेस के घोषणा पत्र बारे पूदे एक सवाल पर क्मारी शैजला ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा विकास के लिये आये पैसों का सही दिशा में इसतेमाल किया है

उन्होंने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की प्रंशसा करते हये कहा कि वे जनता के बीच रहने वाले एक नेता है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से काम किया है हरियाणा के गोहाना विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दोपहर एक जनसभा को सम्बोधित करेंगे कल कांग्रेस पार्टी के दिग्गज भी च्नाव मैदान में उतरेंगे अन्य पार्टियों द्वारा भी आने वालेदो दिनों के दौरान प्रचार की रूप रेखा तैयार की जा रही है पलवल प्लिस ने केजीपी मार्ग पर टोल प्लाजा के नजदीक संदिग्ध वाहनों की तलाशी दौरान तीन किलो अवैध गांजा बरामद किया है